सुरक्षित रहें और तीन आसान उपायों का पालन करें मास्क पहनें दो गज़ दूरी है ज़रूरी सुरक्षित दूरी बनाए रखें हाथ और मुंह साफ़ रखें अब समाचार विस्तार से प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि कोरोना संकट की इस घड़ी में प्रत्येक व्यक्ति को वैक्सीन के महत्व के बार में जागरूक होना चाहिए उन्होंने लोगों से कोरोना वैक्सीन के बारे में किसी भी अफवाह पर ध्यान ना देने की अपील की

कोरोना की इस संकट काल में वैक्सीन की अहमियत सभी को पता चल गई है इसलिए मेरा आग्रह है कि वैक्सीन को लेकर किसी भी अफवाह में न आएं आप सभी को मालूम भी होगा कि भारत सरकार की तरफ से सभी राज्य सरकारों को फ्री वैक्सीसन भेजी गई है

प्रधानमंत्री ने राज्यो से अपील की कि वे अधिक से अधिक लोगों को केन्द्र सरकार के निःशुल्क टीकाकरण अभियान का लाभ उठाने के लिए प्रेरित करें

प्रधानमंत्री ने कहा कि हमें दवाई भी कड़ाई भी का मंत्र नहीं भूलना चाहिए मैं आप सभी से एक बार फिर आग्रह करता हूं कि वैक्सीन हम सबको लगवाना है और पूरी सावधानी भी रखनी है दवाई भी कड़ाई भी इस मंत्र को कभी भी नहीं भूलना है हम जल्द ही साथ मिलकर इस आपदा से बाहर आएंगे श्री मोदी ने कहा कि केन्द्र सरकार राज्य सरकारों के प्रयासों को आगे बढ़ाने में पूरी शक्ति से जुटी हुई है और राज्य सरकारें भी पूरी जिम्मेदारी के साथ श्रेष्ठ कार्य करने का प्रयास कर रही है प्रधानमंत्री ने कहा कि चिकित्सा कर्मी और अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ता रात दिन लोगों की सेवा में जूटे हैं

कोई क्वारनटाइन में रह रहे परिवारों के लिए दवा पहुँचा रहा है कोई सब्जियाँ दूध फल आदि पहुँचा रहा है

देश के अलग अलग कोने में इस चुनौतीपूर्ण समय में भी स्वयं सेवी संगठन आगे आकर द्रसरों की मदद के लिए जो भी कर सकते हैं वो करने का प्रयास कर रहे हैं प्रधानमंत्री ने कहा कि दश एक बार फिर एकजुट होकर कोरोना से लडाई कर रहा है उन्होंने कहा कि इस बार गांवों में भी नई जागरूकता दिखाई दे रही है और कोविड नियमों का सख्ती से पालन किया जा रहा है गांव के लोग भी खुद को कोरोना से सूरक्षित कर रहे हैं

श्री मोदी ने कहा कि एक नागरिक के तौर पर हम जीवन में जितनी कुशलता से अपने कर्तव्य निभाएंगे संकट मुक्त होकर भविष्य के रास्ते पर उतनी ही तेजी से आगे बढेंगे आज भगवान महावीर जयंती भी है मैं सभी देशवासियों को शुभकामनायें देता हूँ भगवान महावीर के सन्देश हमें तप और आत्म संयम की प्रेरणा देते हैं

आगे बुद्ध पूर्णिमा भी है

एक महत्वपूर्ण दिन पोचिशे बोइशाक टैगोर जयंती का है ये सभी हमें प्रेरणा देते हैं अपने कर्तव्यों को निभाने की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि कोरोना के किसी भी मरीज को अस्पतालों से वापस न किया जाय

उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के निर्देश पर ऐसे मरीजों का इलाज करने वाले निजी अस्पतालों को आयुष्मान भारत योजना के तहत भुगतान किया जायेगा उन्होंने बताया कि प्रदेश सरकार ने कोरोना जॉच की दरें भी निर्धारित कर दी हैं अब प्रदेश की निजी प्रयोगशालाओं में एण्टीजेन टेस्ट के लिए मरीज को दो सौ पचास रूपये भुगतान करना होगा आरटीपीसीआर जॉच निजी प्रयोगशाला में सात सौ रूपये में होगी अगर मरीज घर बुलाकर आरटीपीसीआर का नमूना देता है तो उसे नौ सौ रूपये का भूगतान करना होगा

जबकि जॉच केन्द्र पर इसे बारह सौ पचास रूपये में कराया जा सकता है श्री सहगल के अनसार मुख्यमंत्री ने इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त की है कि पच्चीस हजार छः सौ तेतिस लोग पिछले चौबीस घण्टे में कोरोना से स्वस्थ हुए हैं

मुख्यमंत्री ने दोनों प्रकार की स्वदेशी वैक्सीन निर्माता कम्पनियों को पचास पचास लाख डोज का आर्डर भेज दिया है उन्होंने अधिकारियों से कहा है कि एक मई से अठारह वर्ष से अधिक के नागरिकों के टीकाकरण के लिए सभी तैयारियां समय से पूरी कर ली जाय

अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य ने बताया कि पूरे प्रदेश में कोरोना संक्रमण का पता लगाने के लिये सर्विलांस टीम की कार्रवाई बढ़ा दी गई है श्री प्रसाद ने बताया कि पूरे प्रदेश में टीकाकरण का कार्य भी जोर शोर से चल रहा है त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन के तृतीय चरण में बीस दिनों में कल मतदान होगा

मतदान को निष्पक्ष और स्वतंत्र तरीके से कराने के लिए भारतीय प्रशासनिक सेवा और प्रान्तीय प्रशासनिक सेवा संवर्ग के बीस अधिकारियों को प्रेक्षक के रूप म तैनात किया गया है यह जानकारी प्रदेश के राज्य निर्वाचन आयुक्त मनोज कुमार ने एक विज्ञप्ति के माध्यम से दी उन्होंने सभी प्रेक्षकों की उपस्थिति की जानकारी दूरभाष से प्राप्त की उन्होंने सभी प्रेक्षकों को शांतिपूर्ण मतदान कराने और आचार संहिता का पालन कराने के निर्देश दिये मनोज कुमार ने तैनात प्रेक्षकों को निर्देश दिये कि कोविड संक्रमण से बचाव के लिए नियमों का कड़ाई से पालन कराया जाय उन्होंने कहा कि सम्बन्धित बूथों को सेनेटाइज कराने को साथ साथ मतदाताओं को मास्क लगाने और निर्धारित दूरी पर रहकर मतदान की प्रक्रिया पूरी करायी जाय उन्होने मतदान के दौरान किसी भी मतदाता को कोई अस्विधा न होने के निर्देश भी अधिकारियों को दिये कल होने वाले मतदान में सात सौ छियालिस जिला पंचायत वार्ड अठ्ठारह हजार पॉच सौ तीस क्षेत्र पंचायत वार्ड चौदह हजार तीन सौ उन्यासी ग्राम पंचायत और एक लाख अस्सी हजार चार सौ तिहत्तर ग्राम पंचायत वार्ड के लिए मतदान कराया जायेगा इस चरण में तीन करोड़ पॉच लाख इकहत्तर हजार छः सौ तेरह मतदाता उन्चास हजार सात सौ नवासी पोलिंग बूथों पर अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे इस चरण में प्रदेश के अमेठी उन्नाव औरैया कानपुर देहात कासगंज चन्दौली जालौन देवरिया पीलीभत फतेहपुर फिरोजाबाद बलरामपुर बलिया बाराबंकी मेरठ मुरदाबाद मिर्जापुर शामली सिद्धार्थनगर और हमीरपुर जिलों में मतदान होगा

इन संयंत्रों में प्रेशर स्विंग एडसॉर्प्शन पीएसए मेडिकल ऑक्सीजन का उत्पादन होगा

प्रधानमंत्री ने निर्देश दिया है कि ये संयंत्र जल्द से जल्द चालू हो जाने चाहिए यह संयंत्र विभिन्नं राज्यों और केन्द्रशासित प्रदशों में जिला मुख्यालयों में निर्धारित सरकारी अस्पतालों में लगाए जाएंगे इनमें से प्रत्येक अस्पताल में ऑक्सीजन को सुविधा बढ़ाना भी इसका उद्देश्य ह इससे अस्पतालों के साथ साथ जिले में मेडिकल ऑक्सीजन की दैनिक आवश्यकता पूरी करने में मदद मिलेगी